मुख्यमंत्री ने केंद्र से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश को और अधिक वेंटिलेटर्स प्रदान करने का किया आग्रह कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कुल्लू से लाहौल घाटी के लिए कल से शुरू होगी छोटी गाड़ियों की सुविधा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए बनी मददगार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 वे आज राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर देशभर के ग्राम सरपंचों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहत उपयोगी साबित हो रहा है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है आप सभी ने दनिया को बहत सरल शब्दों में मंत्र दिया है न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग कियाए न लॉकडाउन के शब्द का प्रयोग किया बड़ेबड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिम्पल सा मैसेज दे दियादो गज दूरी का या कहे कि दो गज देह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहत अदभूत काम किया है दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं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 उन्होंने कहा कि हर ग्रामसभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है

बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गांव अपने स्तर पर अपनी मुलभुत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनेए जिला अपने स्तर परए राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिन्दुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़ेए ये तय करने का ये सबक हमने सीखा है प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहत उपयोगी है ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आयाए जो कोरोना प्रभावित रहा हो आपकी खुद की सुरक्षा के लिएए आपके गांव की सुरक्षा के लिएए आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेत् ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंए पूरे गांव के पास करवाएंए ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया इस ऐप से पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा को स्मरण किया प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश को और अधिक वेंटिलेटर्स प्रदान करने का आग्रह भी किया अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि भारत कोरोना महामारी के संकट के दौर में पूरे सामर्थ्य और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना कर रहा है एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी मोर्चो पर तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य कर रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश भर के सरपंचों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है मारकंडा कुल्लू में रह रहे लाहौल स्पिति जिला के लोगों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए लाहौल घाटी पहुंचाने के लिए कल से विशेष गाड़ियां आरम्भ कर दी जाएगी कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने मनाली रोहतांग सड़क का निरीक्षण करने के बाद आज ये जानकारी दी

मारकंडा ने कहा कि ये गाड़ियां फिलहाल राहनी नाला तक ही चलाई जाएगी और उससे आगे लोगों को तीन किलोमीटर पैदल जाना होगा कृषि मंत्री ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने वाले लोगों को बारी बारी इन गाड़ियों में भेजा जाएगा मारकंडा ने कहा कि मौसम की परिस्थिति के मुताबिक पहले दिन तांदी से तिंदी तक के लोग भेजे जाएंगे जबकि अगले चरणों में तिनन घाटी और अन्य घाटियों के लोग भेजें जाएंगे गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना वायरस की रोकथाम के मददेनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश के जरूरतमंद व गरीब वर्ग के लोगों के लिए मददगार बन रही है मंडी ज़िले की नर्वदा देवी और लक्ष्मी देवी योजना के तहत राशन मिलने पर बेहद ख़ुश हैं और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वयं सहायता समृह व महिला मंडलों से जुड़कर जहां महिलाएं आम जनमानस को जागरूक कर रही हैं वहीं बड़ी संख्या में मास्क तैयार कर गांव गांव में उपलब्ध करवा रही हैं

उन्होंने मनरेगा मजदूरों और किसानों बागवानों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का आग्रह भी किया

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मरीजों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की सुविधा वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आना होगा

बधाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान का महीना शुरू होने के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि रमजान का ये महीना समाज में सौहार्द खुशहाली और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा

बिलाल अहमद इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता बिलाल अहमद शाह ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों ईदगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों की बजाए अपने घरों में ही इबादत करने की अपील की है एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी को लॉकडाउन और समाजिक दूरी का पालन करना चाहिए